इस दौरान वे सामाजिक सांस्कृतिक और समसामायिक विषय पर लोगों को संबोधित करेंगे कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित एफएम चैनलों और सोशल मीडिया पर भी किया जायेगा परीक्षा नतीजे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंड्री के नतीजे कल सुबह साढ़े दस बजे घोषित किए जाएंगे नतीजे मंडल की विभिन्न वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे

इस संबंध में मंडल की और से विशेष तैयारियां की गयी हैं दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं मार्च के महीने में संपन्न हुयी थीं

पत्रकारिता परिसर दतिया जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने सकारात्मक और स्वच्छ पत्रकारिता को प्राथमिकता दी है और इसी श्रृंखला में दतिया में पत्रकारिता प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है श्री मिश्र ने कल दतिया के खैरी माता मंदिर क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के परिसर का शुभारंभ किया

पुस्तक मेला राष्ट्रीय पुस्तक मेला कल से ग्वालियर में शुरू हुआ मेले का उद्घाटन प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि पुस्तकें ज्ञान की गंगा होती हैं पुस्तकों के माध्यम से मानव चरित्र का विकास होता है

मौसम मध्यप्रदेश में पिछले कई दिन से जारी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है यलो अलर्ट के तहत मौसम की स्थितियों पर नजर रखी जाती है विभाग ने प्रदेश के कई जिलों खरगोन खंडवा बुरहानपुर बड़वानी दमोह टीकमगढ़ छतरपुर शाजापुर दतिया गुना होशंगाबाद ग्वालियर अशोकनगर और श्योपुर जिले में कहीं कहीं लू चलने की भी आशंका जताई है

विभाग ने तेज गर्मी और गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय बेहद जरूरी होने पर ही घर के बाहर निकलने की जरूरत पर बल दिया है विभाग के मुताबिक आगामी दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा कल के बाद से दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी मध्यप्रदेश में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की आशंका है

शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है